विधानसभा परिसर में राज्यपाल व उनके अंगरक्षकों के साथ कांग्रेसी सदस्यों ने की धक्का मुक्की पांच विधायक पूरे सत्र के लिए निलंबित मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित अन्य नेताओं ने कांग्रेस के व्यवहार को निंदनीय व दुर्भाग्यपूर्ण बताया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे भारतीय खिलौना मेले का उद्घाटन अभिभाषण प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ आंरभ हुआ राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाई उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य के लोगों के हित और प्रदेश को विकास व खुशहाली की राह पर आगे ले जाने के लिए उनकी सरकार के प्रयासों को सभी अपना पूर्ण सहयोग देंगे

उन्होंने कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से सफलतापूर्वक निपटने में प्रधानमंत्री की भूमिका की सराहना की

उन्होंने केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रदेशवासियों को दिए गए लाभों का जिक भी किया राज्यपाल ने अटल टनल के लोकार्पण को प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अमूल्य उपहार करार दिया उन्होंने कहा कि सरकार ने पीटीए पैट और ग्राम विद्या उपासकों की वर्षों से लंबित मांगों को पूरा किया है राज्यपाल ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद प्रदेश में अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत विद्यार्थियों को दो दो सैट उपलब्ध करवाए गए तथा ऑनलाईन कक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई विघ्न नहीं आने दिया गया हंगामा हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के पहले ही दिन आज विपक्ष ने अभूतपूर्व हंगामा किया सदन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण आरंभ होने के कुछ ही मिनटों बाद नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री अपनी सीट पर खड़े हो गए और कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण झठ का पुलिंदा है उन्होंने राज्यपाल से अभिभाषण पूरा पढ़ने की भी मांग की इस दौरान राज्यपाल ने विपक्ष की नारेबाजी के बीच अपना अभिभाषण जारी रखा और कुछ देर बाद अभिभाषण खत्म कर सदन की कार्यवाही पहली मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई राज्यपाल के राजभवन वापिस जाने से पहले ही विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष के गेट पर हंगामा आरंभ कर दिया राज्यपाल जब राजभवन जाने के लिए बाहर निकले तो विपक्ष ने उनका रास्ता रोक दिया और हंगामा जारी रखा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज और अन्य नेता भी उनके साथ थे इसी बीच नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में कांग्रेस के सदस्य उग्र हो गए और उन्होंने राज्यपाल को पहले अपनी गाड़ी में बैठने से रोका तथा उन पर अभिभाषण की प्रतियां भी फैंकी

निलंबित विधायकों में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री हर्षवर्धन चौहान सुंदर ठाकुर विनय कुमार और सतपाल रायजादा शामिल हैं

इस मुद्दे पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष के व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि हिमाचल विधानसभा के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हुई उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी कि यदि उसमें हिम्मत है तो वह सत्तापक्ष से लड़ें उन्होंने कहा कि आज घटी घटना से देवभूमि हिमाचल शर्मसार हुई है क्योंकि जो राज्यपाल के साथ हुआ वैसा हिमाचल ही नहीं बल्कि देश में भी कहीं नहीं हुआ मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस विधायकों ने विरोध की सारी सीमाएं लांघी है उन्होंने विपक्ष पर कड़े प्रहार किए और कहा कि वे जमीन पर रहें नहीं तो लोग उन्हें जमीन में ही दफन कर देंगे

इसी मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि विपक्ष ने सदन की श्रेष्ठ परंपराओं को तोड़ा है और वह इसकी कड़ी आलोचना करते हैं इसी मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस विधायकों ने न केवल विधानसभा की परंपराएं तोड़ी हैं बल्कि संविधान का भी उल्लंघन किया है इसलिए दोषी विधायकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए

मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा करार दिया है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का रास्ता रोकने और इस दौरान हुई धक्का मुक्की की घटना के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अग्निहोत्री ने कहा कि अभिभाषण में कुछ भी नहीं था इसलिए राज्यपाल इसे बिना पढ़े चले गए उन्होंने कहा कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी कोरोना के कारण नहीं हो सका ऐसे में विपक्ष चाहता था कि बीते एक साल के दौरान सरकार ने जो जो काम किए हैं उन्हें राज्यपाल पढ़कर जाते उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल के अभिभाषण में मंहगाई भ्रष्टाचार बेरोजगारी भर्तियों में धांधली और किसान आंदोलन का कोई जिक नहीं है अग्निहोत्री ने कहा कि जनता के मुद्दों को उठाने के लिए विपक्ष के पास जो भी विकल्प मौजूद हैं उन सभी का इस्तेमाल किया जाएगा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राज्यपाल का रास्ता रोकने की घटना के दौरान भाजपा के मंत्रियों और पुलिस व सीआईडी के लोगों ने कांग्रेस विधायकों के साथ हाथापाई और धक्का मुक्की की उन्होंने इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की सरकार से मांग की है भाजपा प्रतिक्रिया भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने विधानसभा परिसर में राज्यपाल के साथ कांग्रेस सदस्यों द्वारा की गई धक्का मुक्की की घटना को निंदनीय व दुर्भाग्यपूर्ण बताया है उन्होंने कहा कि कांग्रेसी सदस्यों द्वारा राज्यपाल का रास्ता रोकना संविधान का रास्ता रोकने जैसा है उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है और इस पद की अपनी प्रतिष्ठा व गरिमा होती है प्रेम कुमार धूमल ने इस घटना से संबंधित विधायकों से राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास करने से पहले खेद प्रकट करने का आग्रह किया है ताकि सद्भावना का माहौल बन सके इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई टिप्पणी को अशोभनीय करार दिया है एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश विधानसभा को शर्मसार कर दिया है और इस तरह के व्यवहार पर पार्टी के सभी नेताओं पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने विधानसभा परिसर के बाहर व अंदर राज्यपाल के साथ कांग्रेस विधायकों के व्यवहार को अभद्र व निंदनीय बताया है

चार दिन के इस आयोजन का उद्देश्य सभी खरीददारों खिलौना बेचने वालों विद्यार्थियों और अध्यापकों सहित सभी शेयरधारकों को एक मंच प्रदान करना है सोलन स्थित डीएवी स्कूल के विद्यार्थी भी इस खिलौना मेले में भाग लेंगे स्कूल की प्रधानाचार्या मासूमा सिंघा ने बताया कि इस तरह के आयोजन से बच्चों में कियात्मक सोच पैदा होगी